रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लददाख में एलएसी पर भारत और चीन के वर्तमान हालात पर आज राज्यसभा में देंगे बयान

कोटा में नाव हादसा मामले में खातौली थानाप्रभारी पटवारी ग्राम सेवक और परिवहन निरीक्षक निलंबित

इस अवसर पर देशभर में कई कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनियां ने टवीट कर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है सेवा सप्ताह पर आज हम कृषि क्षेत्र पर विशेष खबर प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले छह वर्षो में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है अन्नदाता सुखी भवः के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य शृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है

विधेयक पर हुई चर्चा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंको के जमाकर्ताओ के हितों की रक्षा हो सकेगी श्रीमती सीतारामन ने महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक का जिक्र करते हुए कहा कि नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थितियों में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा

इससे पहले मंगलवार को श्री सिंह ने इस मुददे पर लोक सभा में बयान दिया था रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा था कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है

फिलहाल भारत में इस रोग से मुतकों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत है

मामले में सीबीआइ कोर्ट ने फैसला देते हुए होटल को सरकार की सम्पत्ति माना

कोर्ट ने होटल को कुर्क करते हुए जिला कलक्टर को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिए

मदेरणा एक महीने तक अपना इलाज करवा सकेंगे और यदि अस्पताल से उन्हें इससे पूर्व छुट्टी दी जाती है तो उन्हें समर्पण करना होगा न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ में दायर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान मदेरणा के जयपुर में हुए चिकित्सकीय परीक्षण की रिपोर्ट पेश की गई इसके अनुसार याची चौथे स्तर के मुख कैंसर से पीडित है

ये सभी लोग ब्रंदी जिले में कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

उन्होंने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा किया और सुरक्षा सम्बंधी इंतजामों का जायजा लिया